कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण तेजी से बढ़ता संक्रमण बड़ी चिंता का विषय बन गया है राज्य सरकार इस पर नियंत्रण के लिए लगातार कड़े फैसले ले रही है इसके बावजूद कोविड अनुशासन की पालना में यदि लापरवाही होगी तो और भी सख्त कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा मुख्यमंत्री ने कल जयपुर में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार संक्रमण का खतरा गांवों में भी दिखाई दे रहा है कोरोना का यह बदला हुआ मिजाज पहले से भी अधिक घातक और खतरनाक है उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए सभी को एक बार फिर पहले की तरह ही दो गज की दूरी रखने मास्क पहनने जैसे प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करनी होगी श्री गहलोत ने कहा कि इसमें जनप्रतिनिधियों सामाजिक कार्यकर्ताओं धर्म गुरूओं सहित सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है प्रदेश में कोरोना लगातार रिकॉर्ड बना रहा है

कल इस बीमारी से दस लोगों की मृत्यु हुई

इस बीच विभिन्न जिलों में संकमण की रोकथाम के मददेनजर कई गतिविधियां हो रही हैं झालावाड़ जिले में कल शहरी क्षेत्रों के सभी बाजार और दुकाने और व्यावसायिक गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद रही जिला कलेक्टर ने कई क्षेत्रों का दौरा कर बंद की स्थिति का जायजा लिया वहीं बीकानेर में जिला कलेक्टर ने कल देर रात शहर के मुख्य मार्गों का निरीक्षण कर कोरोना गाइड लाइन की अनुपालना और नाइट कफ्र्यू की स्थितियों का जायजा लिया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 इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

चार दिन का टीका उत्सव कल समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर देशभर में शुरू हुआ

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सभी लोगों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर चौदह अप्रैल तक आयोजित किए जा रहे टीका उत्सव में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें श्री जावडेकर ने लोगों से कोविड के खिलाफ देश की मुहिम का एक हिस्सा बनकर अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में सभी पात्र लोगों को कोविड टीका लेने की अपील की है

बारां जिले के छबड़ा कस्बे में कल मामूली विवाद के बाद हुई हिंसक घटना के बाद जिला प्रशासन ने आगामी आदेश तक कफर्यू लगा दिया है पूरे जिले में इंटरनेट सेवाए भी बंद कर दी गई है

पूर्वी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा विभाग के अनुसार जयपुर में आज आंशिक रूप से बादल छाये रह सकते हैं